विधानसभा अध्यक्ष डाक्टर सीतासरण शर्मा होशंगाबाद में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे इसके अलावा मंत्री जयंत मलैया दमोह गोपाल भार्गव सागर डॉक्टर नरोत्तम मिश्र दतिया कुसुम मेहदेल पन्ना विजय शाह खंडवा गोरीशंकर बिसेन बालाघाट रूस्तम सिंह मुरैना ओम प्रकाश धुर्वे डिण्डोरी उमाशंकर गुप्ता भोपाल अर्चना चिटनीस बुरहानपुर यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी पारसचंद जैन उज्जैन मायासिंह ग्वालियर जयभान सिंह पवैया ग्वालियर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रमो में भाग लेंगे इसी तरह राज्य मंत्रिमंडल अन्य सदस्यों को उनके प्रभार के जिलों में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कहा गया है व्यापम परिवार व्यापम मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज भोपाल की एक अदालत में अपने बयान दर्ज कराने पहुंचे उनके साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ और सांसद विवेक तन्खा भी मौजूद थे पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील और सांसद कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा

श्री सिंह ने इस मामले में एक्सल शीट में फेर बदल करने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती इंदौर पुलिस रेंज के तत्कालीन एडीजी विपिन माहेश्वरी और इंदौर काइम ब्रांच के एएसपी दिलीप सोनी सहित अन्य लोगों पर आरोप लगाये है भाजपा कार्यालय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन किया इस दौरान केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री रामलाल उपाध्यक्ष प्रभात झा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे

इस महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने कल महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया उन्होंने बताया कि प्रदेशभर से कार्यकर्ता इस आयोजन में भाग लेंगे मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में एक बार फिर बारिश का दौर श्रू हो गया है खंडवा जिले में कल से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है शहर के संत रैदास वार्ड में दीवार गिरने से एक वृद्ध महिला की आज सुबह मौत हो गयी वहीं अग्नि नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है इसके चलते खंडवा होशंगाबाद राजमार्ग बंद है बारिश के कारण विद्यालयों में बच्चों की कम उपस्थिति होने से आज दक्षता उन्नयन का स्थानीय टेस्ट स्थगित कर दिया गया है जिले में खरीफ की फसल बर्बाद होने की आशंका बन गयी है मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है शिवपुरी जिले में कल से बारिश हो रही है वहीं राजधानी भोपाल में आज सुबह से बारिश का दौर जारी है भोपाल इंदौर उज्जैनग्वालियर और चंबल संभाग सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जतायी है

ताजियों का विसर्जन आज शाम किया जाएगा